उन्होंने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आई आई टी ग्वाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए है इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है श्री मोदी ने आज तीन सौ विदयार्थियों को पी एच डी डिग्री दिए जाने की सराहना की

इस अवसर पर असम के म्ख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोविड महामारी से लड़ाई में आई आई टी गुवाहाटी की भूमिका की सराहना की

प्रधानमंत्री कल रात वीडियों कांफ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की पचहत्तरवीं वर्षगाठ पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज विश्व को ऐसे बह्पक्षवाद की जरुरत है जो मौजूदा समय की वास्तविकता सभी पक्षों की अभिव्यक्ति समकालीन च्नौतियों के समाधान और मानव हित पर केंद्रीत हो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर स्वीक़त घोषणापत्र से स्पष्ट है कि विश्व में संघर्ष रोकने विकास स्निश्चित करने जलवाय् परिवर्तन के संकट से निपटने असामनता दूर करने और डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ समान रुप से पहंचाने की दिशा में बहत कुछ किये जाने की जरुरत है उन्होंने कहा कि विश्व आज संय्क्त राष्ट्र की वजह से बेहतर स्थिति में हैं

वहीं किसानों को इस बात की भी आजादी होगी कि वे अपनी ईच्छा से अपने कृषि उत्पादों को बेच सकेंगे ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ चाई ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दवारा कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान विशेषकर छोटे किसान अपने उत्पादों की ग्णवत्ता को बढ़ाते हए एफ पी ओ के जरिए बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सके

केद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ो के अन्सार देश में कोरोना रोकवरी रेट बढ़कर अस्सी दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गया है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस के पचहत्तर हजार तिरासी नए मामले दर्ज किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अबतक कुल चौवालीस लाख सत्तानबे हजार आठ सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो च्के है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इस संक्रमण से एक हजार तिरपन लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही मृतको का आंकड़ा अट्ठासी हजार नौ सौ पैतीस हो गया

राज्य में कोरोना संक्रमण के क्ल मामलों की संख्या सात हजार पांच सौ पंचानवें हो गई है जिसमें एक हजार नौ सौ अड़तीस सक्रिय मामले हैं और अब तक पांच हजार छह सौ चौवालीस व्यक्ति स्वस्थ हो चुके है इस बीमारी से राज्य में अभी तक तेरह लोगों की मृत्यु ह्ई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी आकंड़ो के अन्सार सोमवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक एक सौ एक नए मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें से ट्रिम्स से तीस पेड क्वारेंटाइन टेस्टिंग सेंटर से पच्चीस राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कार्यालय नाहरलगुन से ग्यारह बंदरदेवा चेकगेट से दस कोविड केयर सेंटर जू एरिया से आठ निबा अस्पताल से आठ हिमा अस्पताल से छह आर के मिशन अस्पताल से दो और राज्य क्वारेंटिन स्विधा केंद्र लेखि से एक मामला सामने आया है वहीं चांगलांग से अद्वारह और पाके केसांग जिले से बारह नए मामले दर्ज किए गए हैं

विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ओबी जिरदो रुमी ने बताया कि विद्यालय को कंप्यूटर और प्रिंटर मिलने से शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में और दूसरे काम काज में मदद मिलेगी